राज्यपाल आचार्य देवव्रत के आहवान पर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय अपनाएंगे शून्य लागत प्राकृतिक कृषि

मुख्यमंत्री ने मुख्य पाईप लाईनों के साथ साथ वितरण लाईनों से हो रहे रिसाव को ठीक करने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि पानी के नुकसान से बचा जा सके

जयराम ठाकुर ने भारी वर्षा के साथ साथ मलबे की बेतरतीब डंपिंग पर चिंता जताते हुए भविष्य में इसके लिए उचित डंपिंग स्थल चिन्हित करने की जरूरत बताई

उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार केंद्र को ज्ञापन प्र स्तुत करेगी स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर जिले के कोलर व सुरला में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन की संयुक्त रूप से आज आधारशिला रखी

बाद में विधानसभा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री ने नाहन में डिग्री कॉलेज परिसर में अमृत फारमेसी का उद्घाटन भी किया उन्होंने कॉलेज के चौथे ऑपरेशन थियेटर का शुभारम्म करने के बाद विभिन्न वार्डो का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

शहरी विकास मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए हैं सोलन जिले के कंडाघाट में आज विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को बैठक में तैयारी के साथ आने की भी नसीहत दी उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों को अधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा बाद में उन्होंने कंडाघाट में निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण कर निर्माण कार्यो को समय पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए इस बीच राजीव सहजल ने सुबाथू में श्री गूगामाढ़ी मेले में भी शिरकत की बैठक प्रदेश भाजपा कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक कल शिमला में शुरू होगी पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में इस बैठक की तैयारियों को लेकर आज एक समीक्षा बैठक शिमला स्थित भाजपा कार्यालय दीपकमल में हुई

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत के आहवान पर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को अपनाएंगे शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल की अध्यक्षता में चार निजी विश्वविद्यालय के कुलपत्तियों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया आचार्य देवव्रत ने कहा कि एक ताजा रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि प्राकृतिक कृषि अपनाने से ऑरगेनिक कार्बन बढ़ा है और मित्र जीवाणुओं की अधिक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है राज्यपाल ने कहा कि कृषि विमाग का संचालन करने वाले निजी विश्वविद्यालय अगर विद्यार्थियों को इस पद्धति से जोड़ते हैं तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे उन्होंने कुलपत्तियों के आग्रह पर उन्हें भारतीय नस्ल की गाय उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया

शिमला में आज विभिन्न परियोजनाओं की व्यवहारिक जानकारी के लिए हिमाचल दौरे पर आई एशियन विकास बैंक की टीम और विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि उपोषण कटिबंधीय बागवानी और खुम्ब विकास पर आधारित ये परियोजना बीज से बाजार तक की संकल्पना को लेकर तैयार की गई है

महेंद्र सिंह ने एशियन विकास बैंक के दल को परियोजना की डीपीआर को उनके दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने का आश्वासन दिया

दल ने आज कुल्लू में बागवानी विमाग के अधिकारियों और बागवानों को सेब सहित अन्य फलों के प्रबंधन व पोषण की जानकारी दी ये दल कल बजौरा में अधिकारियों व बागवानों को फिल्ड ट्रैनिंग देंगे

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सोलन ज़िला के अर्की में दो दिवसीय सायर उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार कई कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि सायर का त्यौहार पूरे उत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ लोक कलाओं के संवर्धन का जरिया बनाना चाहिए शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ि को नशे से बचाने के लिए अभिभावकों को सजग रहने की जरूरत है इस मौके उन्होंने उत्सव में विभिन्न प्रदर्शनियों खेल प्रतियोगिताओं और दंगल के विजेताओं को सम्मानित भी किया अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर और उद्योग मंत्री बिक्र म ठाकुर ने आज हमीरपुर शहर में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारम्भ किया

उन्होंने लोगों से साफ सफाई बनाए रखने के अलावा इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने का आहवान भी किया वीरें द्र कश्यप प्रदेश में हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्रेश्य से सांसद वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में कल शिमला के जुब्बड़हट्टी में हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई इस मौके शिमला ग्रामीण के विधायक विक्र मादित्य सिंह भी मौजूद रहे इस दौरान मौजूदा हवाई सेवा में यात्रियों को आरामदायक सफर के लिए समय सारिणी में बदलाव शिमला हवाई अड्डे को दूसरी उप सड़क से कार्यान्वित करना डेकन ऐयरवेज की सेवाएं जल्द शुरू करने के लिए केंद्र के साथ विचार विमर्श सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई इस बीच आज वीरेंद्र कश्यप ने शिमला में सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर अधिकारियों को विभिन्न विकास कार्य तय समय में निपटाने को कहा आरएसस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि समाज के सकारात्मक कार्य सामान्य लोगों द्वारा पूरे किये जा सके यही संघ का लक्ष्य है ये बात आज उन्होंने दिल्ली में संघ के तीन दिवसीय व्याख्यान के पहले दिन के सत्र को संबोधित करते हुए कही भागवत ने कहा कि अपनी स्थापना के समय से ही संघ का लक्ष्य व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज का निर्माण करना रहा है उन्होंने कहा है कि आपदा और संकट की स्थिति में संघ का प्रत्येक स्वयं सेवक देश के हर नागरिक के साथ खड़ा है